उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हो गया राजधानी पटना समेत प्रदेशभर की प्रमुख नदियों गंगा कोसी गंडक बागमती सोन के अलावा तालाबों जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं ने भागवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया व्रतियों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया अर्घ्य देने के लिये आज अहले सुबह से ही व्रती विभिन्न नदियों के घाटों जलाशयों और अस्थायी कुंडों के समीप पहुंच चुके थे बड़ी संख्या में दूर दराज से आये व्रतियों ने पूरी रात नदियों के घाटों पर ही जागरण किया और सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया इसके बाद व्रतियों ने पारण कर प्रसाद ग्रहण किया इस दौरान पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था जिला प्रशासन विभिन्न छठ पूजा समितियों और स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जुटे रहे व्रत के समापन के बाद कई पूजा समितियों की ओर से व्रतियों और अन्य श्रद्धालुओं के लिये जलपान की व्यवस्था की गयी सभी घाटों पर लॉउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को आवश्यक सूचनाएं दी जाती रही साथ ही घाटों पर बच्चों महिलाओं और बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए भी लगातार अपील की गयी विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुये हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया है कि जिले में श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया बाईट मुंगेर पीटीसी सूर्योदय के पूर्व ही श्रद्धालुगण अपने अपने घरों से निकल कर गंगा घाटों और तालाबों की ओर पहुंचने लगे थे भगवान भास्कर के उदय के साथ ही श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया और अपने परिवार के सदस्यों के कल्याण और प्रगति की दुआ मांगी आकाशवाणी समाचार के लिये मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्दालु ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित प्रसाद वितरण किया बाईट मुजफ्फरपुर पीटीसी मुजफ्फरपुर जिला के बागमती बूढ़ी गंडक कई नदी पोखरों व निर्मित घाटों पर लाखों छठ व्रतियों ने आज उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और भगवान भास्कर की प्रजा अर्चना की अर्घ्य के बाद छठ घाटों पर प्रसाद का वितरण किया गया आकाशवाणी समाचार के लिये मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक हमारे अररिया संवाददाता ने बताया कि जिले में विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया बाईट अररिया पीटीसी अररिया के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध परमान नदी त्रिशुलिया छठ घाट सुल्तान पोखरनहर छठ घाट पोखर तालाबों घर आंगन और छतों के जलाशय में आज लोक आस्था का महानुष्ठान छठ पर्व पर उदीयमान सूर्य को श्रद्वालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया छठी मईया के पारंपरिक लोकगीत की गूंज और सूर्य की लालिमा के बीच अर्घ्य अर्पित और मनोरम दृष्य काफी आकर्षक और सुहावने लग रहे थे अररिया सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उगते हुये भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया आकाशवाणी समाचार के लिये अररिया से मै गौतम सिंह सहगल छठ पर्व के उल्लास के बीच औरंगाबाद की सूर्यनगरी देव से एक दुखद खबर आयी है देव में कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य कुंड के पास भीड़ अनियंत्रित हो जाने के कारण दबकर दो बच्चों की मौत हो गयी मृतकों में पटना के बिहटा का एक छह वर्षीय बालक और भोजपुर के सहार की एक डेढ़ साल की बच्ची शामिल है इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है

कई लोगों के दबे होने की आशंका है आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गयी है छठ पूजा के बाद बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना दरभंगा और सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली स्टेशनों के लिये स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ये जानकारी देते हुये मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पटना जंक्शन से दिल्ली के लिये तीन सात और दस नवम्बर को स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा चार नवम्बर को दरभंगा जबकि पांच और आठ नवम्बर को सहरसा से दिल्ली के लिये ट्रेन का परिचालन किया जायेगा वहीं छठ पर्व पर बिहार आये श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये परिवहन निगम ने भी दिल्ली के लिये एक और स्पेशल वॉल्वो बस चलाने का फैसला किया है यह बस चार नवम्बर से चलेगी ये जानकारी देते हुये परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि यह बस शाम चार बजे दिल्ली के लिये खुलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने आतंकवाद और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने का दूनिया भर में स्वागत किया गया है बाईट प्रधानमंत्री आप समी इस बात से परिचित हैं कि आतंक और अलगाव के बीज बोने वाले एक बहुत बड़े कारण से देश को मुक्त करने का निर्णय भारत ने कर लिया है जब निर्णय सही होता है इरादा सही होता है तो उसकी गूंज दुनियाभर में सुनाई देती है और आज मुझे थाईलैंड में भी सुनाई दे रही है सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक सौ तीस करोड़ भारतीय न्यू इंडिया पहल में भागीदारी निभा रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं और पचास करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है

इतना ही नहीं आज भारत के गरीब से गरीब का किचन घुएं से मुक्त हो रहा है आठ करोड़ घरों को हमने तीन साल से भी कम समय में मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए हैं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बिहार में गरीबों के लिये पंद्रह हजार मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंजूरी और निगरानी कमिटी की अड़तालीसवीं बैठक में देशभर में कुल ढाई लाख से अधिक मकान बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रतिदिन चालीस लाख टन दूध उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में दस मेगा दूध प्रसंस्करण प्लांट लगाये जायेंगे उन्होंने बताया कि इसके लिये नेशनल को ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से पांच सौ पचास करोड़ रूपये का ऋण लिया गया है उन्होंने कहा कि राज्य की चौवन में से तेईस बाजार समितियों का दो सौ करोड़ रूपये की लागत से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है राज्य सरकार प्रदेश में नकली खादी बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी उद्योग मंत्री श्याम रजक ने यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश में खादी बिक्री की जांच की जायेगी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार सभी राज्यों में हुनर हब स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है केंद्र सरकार ने निर्भया कोष की सहायता से सभी जिलों में मानव तस्करी से निपटने की इकाईयां स्थापित करने की घोषणा की है राज्य के सभी जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के मुफ्त इलाज की रैंकिंग में बेगूसराय जिला अस्पताल ने पहला स्थान प्राप्त किया है